प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केन्द्रित कर रही है जिससे कि गरीब और मध्य वर्गीय लोगों की सहायात हो सके वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक की पहंच के अनुसार होनी चाहिए

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्त्तव्य है कि सरकार दवारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सबको विशेषकर गरीबों को मिले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवसथा बहत तेज गति से आगे जा रही है उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र में बहत उन्नति कर रहा है और देश के ज्यादा से ज्यादा लोग हवाई जहाज से यात्रा कर रहे है हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने आज चंडीगढ़ में कहा है कि आने वाले समय में तरेसंठ रेलवे क्रासिंग कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव है

इस परियोजना के पूरा होनेसे ने केवल उत्तरी हरियाणा बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी यातायात दबाब कम होगा अमेरिका ने हरियाणा सरकार द्वारा वाय् प्रदूषण और फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले प्रद्रषण को रोकने के लिए कदमों की सराहना की है और इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव तकनीकी सहायता की पेशकश की है भारत में अमेरिका के राजदुत केनिथ आई जस्टर ने म्ख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा और अमेरिका इस समस्या से निपटने के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर सकते है जिससे राज्य के प्रद्षण मुक्त बनाया जा सकता है श्री कैनिथ ने इस अवसर पर कहा कि उन्हे प्रा भरोसा है कि हरियाणा इस क्षेत्र में एक नेता के रूप में आगे आयेगा उन्होंने हरियाणा राज्य की कैरोसीन म्क्त होने पर भी सराहना की इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सीएनजी फिलिंग स्टेशन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि राज्य में थर्मल प्लांटस उद्योगों कृषि बागवानी इत्यादि क्षेत्रों में जहां बहत अधिक मात्रा में पानी का उपयोग होता है को रि यूज ट्रीटीड पानी की आपूर्ति की जायेगी जिससे पीने के पानी की बचत होगी इसके लिए पालिसी तैयार कर इसे अमल में लाया जायेगा डॉ बनवारी लाल आज चंडीगढ़ में राज्य सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज प्रणाली को सफल बनाने हेत् प्रयास पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे उन्होंने बताया कि हरियाण के स्वर्ण जयंती के अवसर पर महाग्राम योजना के श्रूआत की गई जिसमें गांवों में सीवरेज की स्विधा प्रदान करना म्ख्य लक्ष्य है अभी सीवरेज उन गांवों में मुहैया करवाई जा रही है जिनकी जनसंख्या दस हजार व्यकित से अधिक है

उन्होंने बताया कि विश्व थोक विक्रेता संघ का भारत में पहला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसका अवसर हरियाणा को मिला है इस सम्मेलन उन्चास देशो के प्रतिनिधि के भाग लेने की संभावना है

अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी को कार्यशील के काम को पूरा करना है क्योकि विश्व की बड़ी मंडियो के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में अपने अन्भव सांझा करेंगे मंत्रिमंडल ने आज मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत में दो प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है इससे एक करोड़ से अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा डीए और डीआर से राजकीय कोष पर वार्षिक छ हजार एक सौ बारह करोड़ रूपये का भार पड़ेगा

भारत ने आज इंडोनेशिया में चल रही ऐशियाई खेलों में एक रजत और एक कांस्य पदक प्राप्त किया

कालका की विधायक लतिका शर्मा ने एसडीएम कालका कार्यालय परिसर में जिला प्रशासन की ओर से अंत्योदय सरल केंद्र का उदघाटन किया इस मौके पर विधायक लतिका शर्मा ने हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहरलाल का आभार प्रकट करते हए कहा कि उन्होंने प्रदेश में एक ही छत के नीचे लोगों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में विशेष कदम उठाया है